चंद्र मोहन ठाक्र ने आज शिमला में कहा कि पुत्र और पार्टी को उन्हें लेकर अनिल शर्मा के मन में द्विधा हो सकती है लेकिन भाजपा को लेकर कोई द्विधा नहीं हैं उन्होंने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा द्वारा यह कह जाने पर कि उनके पिता केवल उनके है और भाजपा के नहीं हो सकते के पश्चात अनिल शर्मा को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए भाजपा महामंत्री ने ये भी कहा कि पंडित सुखराम राजनीति की आयाराम गयाराम संस्कृति के प्रतीक बन चुके हैं और उन्हें अपने परिवार के अतिरिक्त और क्छ नहीं दिखता जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी चुनाव घोषणापत्र देश की सुरक्षा पर क्ररतम प्रहार है उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणापत्र देश की एकता और अखंडता के विरूद्व एजेंडा है मुख्यमंत्री ने आज बयान में कहा कि देश की जनता ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन देश की सबसे पुरानी पार्टी देशद्रोहियों और अलगावादियों से साथ खड़ी हो जाएगी उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणापत्र में किए गए वायदों को देखकर लगता है कि ये घोषणापत्र कांग्रेस पार्टी द्वारा न बनाकर अलगावादियों द्वारा देश की अखंडता के विरूद्व एक शपथ पत्र है जयराम ठाक्र ने कहा है कि कांग्रेस को अपनी इस सोच का खामियाजा भुगतना पड़ेगा अनुराग हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद व भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाक्र ने कांग्रेस पर झूठे वायदे कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है

वीरभद्र पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय च्नाव घोषणापत्र को देश के गरीबों को न्याय बेरोजगारों को रोजगार किसानों को राहत और सामाजिक सुरक्षा के प्रति समर्पित बताया है वीरभद्र सिंह ने आज शिमला से जारी एक बयान में कहा कि कांग्रेस का घोषणापत्र देश को नई दिशा देगा उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा ही देश के विकास के प्रति समर्पित रही है और आगे भी रहेगी इसके लिए कांग्रेस को भाजपा से किसी भी प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के शासनकाल में देश में गरीबी बढ़ी है वीरभद्र सिंह ने कहा कि रोजगार का वायदा कांग्रेस हर हाल में पूरा करेगी राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने दावा किया है कि देश परिवर्तन को चल पड़ा है उन्होंने आज शिमला में एक बयान में कहा कि कांग्रेस का घोषणापत्र राहुल गांधी की सोच का एक स्पष्ट आइना है जो देश का दुख दर्द जानते हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश के लिए बलिदान और संघर्ष किया है उन्होंने कहा कि कांग्रेस घोषणापत्र में नौकरियों की वचनबद्वता किसानों के लिए कर्ज माफी और जीएसटी का सरलीकरण एतिहासिक कदम साबित होंगे दूसरी ओर पार्टी प्रवक्ता इंदु पटियाल ने आज कुल्लू में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र में समाज के हर वर्ग विशेषकर गरीब तबके का ध्यान रखा गया है हैलीकॉप्टर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को लाहौल घाटी में चुनावी ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को तुरंत घाटी पहुंचाने के लिए हैलीकॉप्टर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं लाहौल स्पीति के जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त अश्विनी कुमार ने बताया कि इस संबंध में मामला मुख्य निर्वाचन अधिकारी से उठाया गया था

अश्विनी कुमार ने कहा कि शेष बचे कर्मचारियों को भी शीघ्र घाटी पहुंचाने के प्रबंध किए जा रहे हैं

शिमला में आयोजित दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता उच्च शिक्षा निदेशक अमरजीत शर्मा ने की उन्होंने दूरदराज और मुक्त शिक्षा के प्रसार में इग्नू के प्रयासों की सराहना की